और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का आज हो रहा है आयोजन

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में दिल्ली की साकेत स्थित विशेष अदालत आज ब्रजेश ठाकुर सहित उन्नीस दोषियों को सजा सुना सकती है इन सभी को आश्रयगृह की कई नाबालिग लड़कियों के शारीरिक उत्पीड़न और यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया गया ब्रजेश ठाकुर इस आश्रयगृह का संचालक था इस मामले में अदालत ने एक आरोपी विक्की को आरोप मुक्त कर दिया था सुपौल जिले की एक अदालत ने सामूहिक द्वष्कर्म के एक मामले में पूर्व विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार समेत चार को दोषी करार दिया है अपर जिला और सत्र न्यायाधीश रविरंजन मिश्र की अदालत ने लगभग छब्बीस साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाया सजा के बिंदु पर इकतीस जनवरी को सुनवाई होगी मामले के एक आरोपी रामफल यादव की मौत हो चुकी है जबकि एक अभी फरार चल रहा है आरोप के अनुसार सोलह नवंबर उन्नीस सौ चौरानवे की रात तत्कालीन विधायक ने अपने सहयोगियों के साथ जिले के त्रिवेणीगंज से पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था उच्चतम न्यायालय आज निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए चार दोषियों में से एक मुकेश कुमार सिंह की याचिका की सुनवाई करेगा यह याचिका राष्ट्रपति को दी गई दया याचिका रद्द किए जाने के खिलाफ दायर की गई है मुकेश ने आखिरी कोशिश के तौर पर अपने वकील के जरिए कल उच्चतम न्यायालय से याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि किसी को फांसी मिलने वाली है तो उसकी याचिका से अधिक तत्काल आवश्यक और कुछ नहीं हो सकता कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका को देखते हये राज्य सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है पटना के पीएमसीएच एनएमसीएच और आरएमआरआई में ऐसे मरीजों के लिए आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है वहीं दरभंगा के डीएमसीएच में भी आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है नेपाल से लगी सीमा पर एसएसबी के सहयोग से विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिये गये हैं इन शिविरों में चीन से आने वाले हर यात्रियों की सघन जांच की जायेगी इधर केन्द्र सरकार ने बिहार के चार संदिग्ध मरीजों में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने की बात कही है इनमें से एक छपरा की छात्रा का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है उसके रक्त लार और थ्रक सहित अन्य नमूने जांच के लिए पुणे स्थित वायरोलॉजी लैब भेजे गये हैं वहीं विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी के दो और मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण मिले हैं सीतामढ़ी निवासी संदिग्ध मरीज अभी चीन में ही है बिजली विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि राज्य में बिजली कम्पनी के निजीकरण का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही कोई कार्य योजना उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि बिजली कम्पनी का निजीकरण किया जा रहा है जो पूरी तरह बेबुनियाद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेय जल को साफ करने के लिए उपयोग होने वाली आरओ विधि के द्वारा भू जल के दुरूपयोग की शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है लोक संवाद कार्यक्रम में एक सुझाव पर श्री कुमार ने अधिकारियों को इस संबंध में सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का आज आयोजन हो रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि दो पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में लगभग दो लाख सैंतालीस हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे पहली पाली सुबह दस बजे से साढ़े बारह बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से साढ़े चार बजे तक आयोजित की जायेगी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले तक ही परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश दिया जायेगा परीक्षार्थियों को कैलकुलेटर मोबाईल घड़ी बैग पर्स और पानी की बोतल जैसे सामान लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी बिहार अवर पूलिस सेवा आयोग ने दारोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के लिए हुई संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है घोषित परिणाम में पचास हजार बहत्तर परीक्षार्थी सफल हुए हैं परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है पटना के नियोजन भवन में विदेश भवन का अस्थायी केन्द्र खुल गया है अब राज्य से विदेश जाने वाले श्रमिकों को अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रायबरेली या कोलकाता नहीं जाना होगा पटना में ही अब कागजातों के सत्यापन हो जायेंगे राज्य सरकार ने केन्द्र से पटना में विदेश भवन खोलने का अनुरोध किया था

मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के कुछ इलाकों के ऊपर चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण मौसम में बदलाव होने की सम्भावना है इधर रोहतास जिले और आस पास के क्षेत्रों में सुबह कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गयी बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से बौद्ध महोत्सव की शुरूआत होगी इस सिलसिले में आज सुबह भगवान बुद्ध की तपोस्थली ढुंगेश्वरी पहाड़ी से महाबोधि मंदिर तक श्रद्धालुओं की पद यात्रा निकाली इसमें हजारों की संख्या में देश विदेश से आये बौद्ध भिक्षु शामिल हुये दरभंगा जिला पूलिस ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दो पूलिस अवर निरीक्षक को निलंबित कर दिया है वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि समय पर आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के कारण यह कार्रवाई की गयी है सुपौल जिले में किशनपुर थाना क्षेत्र के सरायगढ़ रेलवे क्रॉसिंग के पास से अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र की संचालिका से सवा दो लाख रुपये लूट लिए जहानाबाद जिले के ओकरी पुलिस चौकी क्षेत्र के मिर्जापुर गांव से पुलिस ने दो मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है मौके से दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र के मोखलिसा गांव में अपराधी होने के संदेह में भीड़ ने तीन युवकों की पिटाई कर दी इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गयी वहीं रोहतास जिले के काराकट थाना क्षेत्र के परासी गांव में भी भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है मृतक जिले के धुनसारी गांव का रहने वाला था पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रूप मुकाबले में बिहार की टीम ने मेघालय के खिलाफ अपनी पहली पारी में दो सौ आठ रन बनाया है इसके जवाब में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक मेघालय की टीम ने बिना विकेट खोये अठारह रन बना लिये थे पाटलिपुत्र खेल परिसर में चल रही तेईसवीं राष्ट्रीय बालिका सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के पहलवानों ने एक रजत और दो कांस्य पदक जीता है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में कोरोना के तीन संदिग्ध मरीज मिले दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है पिछड़ा कल्याण के विशेष सचिव बीरेन्द्र यादव ने ही सरकारी एकाउंट के बारह करोड़ बीस लाख सूजन के खाते में डाले थे सीएफएसएल जांच में मैच हुआ हस्ताक्षर अखबार की एक अन्य सुर्खी है भागलपुर दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कामेश्वर यादव पर फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया दैनिक जागरण ने लिखा है नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की साजिश के सब्रत प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है जल्द ही सभी जिलों में होंगे परीक्षा भवन राष्ट्रीय सहारा और आज ने असम सरकार और बोडो संगठनों के बीच हुये त्रिपक्षीय समझौते से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का आज हो रहा है आयोजन